राजस्थान कांग्रेस के केन्द्रीय पर्यवेक्षक के सी वेणुगोपाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की उन्होंने बताया कि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे सम्मेलन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी उपस्थित थे श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में जन समस्याओं का जल्दी निपटारा और विकास कार्यों में तेजी लाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा

डाक विभाग ने आज ई कामर्स पोर्टल शुरू किया संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी श्रूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छोटे और स्थानीय कारोबारी डाक विभाग के नेटवर्क को मदद से अपनी पहुंच और क्षमता का विस्तार कर सकेंगे

उच्चतम न्यायालय ने रफाल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता न्यायालय ने यह भी कहा कि वह सरकार को लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता पीठ ने तीन न्यायाधीशों की ओर से फैसला पढ़कर सुनाया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक ब्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है फैसले में कहा गया कि रफाल विमानों की खरीद मूल्य निर्धारण और ऑफसैट भागीदार के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है अदालत के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए

एक टवीट संदेश में श्री राठौड़ ने कहा कि इस सौदे में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं था उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने आज जयपुर में पत्रकारों से कहा कि रफाल मामले में न्यायालय के निर्णय से कांग्रेस का झूठ सामने आ गया है दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि वह रफाल सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज का फैसला कई महीनों से कांग्रेस के बयान की पुष्टि करता है कि उच्चतम न्यायालय इस तरह के संवेदनशील रक्षा मामलों के निर्णय लेने का मंच नहीं है संसद के दोनों सदनों की बैठक रफाल लड़ाकू विमान और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण आज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य रफाल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गये सदन की बैठक भोजनावकाश के बाद फिर शुरू हुई तो रफाल सौदे के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव हुआ गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया और उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए शोरगुल जारी रहने की वजह से अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी राज्यसभा में भाजपा सांसदो ने रफाल सौदे के मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा लगाये गये आरोपों के खिलाफ नारेबाजी की उन्होंने मांग की कि रफाल सौदे में सरकार के विरूद्व भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए श्री गांधी को माफी मांगनी चाहिए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने उपसभापति से प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की और रक्षा सौदे पर चर्चा करने की अनुमति मांगी उधर कांग्रेस सदस्यों ने रफाल सौदे के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुए मांग की कि संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी लगातार जारी रहने के कारण उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ एसूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया इन पुरस्कारों के जरिए महिला किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा इन महिला किसानों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चयन किया है

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम महिला किसानों को एक मंच देगा और मनोरंजक होने के साथ ही शैक्षणिक भी होगा

देश के पहाडी राज्यों में हुई बर्फबारी के बाद पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बन गई है

पर्वतीय स्थल माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान दो दशमलव चार डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया राजधानी जयपुर सहित जैसलमेर बाड़मेर और अन्य कई जिलों में भी तेज सर्दी का असर देखा जा रहा है शेखावाटी इलाके में भी शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ डूंगरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शीतलहर का असर जिले में भी देखा जा रहा है

अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार अलवर में आज उपखण्ड अधिकारी नीलाभ सक्सैना ने राजकीय अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

अलवर जिले में कदूमर के पास तसई गांव में बस से नीचे उतरते समय दब कर एक व्यक्ति की मौत हो गयी